सार्क देशों भूटान श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश और नेपाल के नेताओं ने कोरोना वायरस का एकजट होकर मुकाबला करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह का समर्थन किया है भुटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग श्रीलंका के राष्ट्रपति गोथबाया राजपक्ष नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मो ओली और मालद्वीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने कहा कि सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दुनिया की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया में है और इन देशों की सरकारों को लोगों के स्वास्थ्य के लिए सभी प्रयास करने चाहिए इस बीच देश में कोरोना वायरस के पांच नए रोगियों का पता चला है ये मामले आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं नई दिल्ली में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी इधर झारखंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं राज्य में पंद्रह अप्रैल तक सरकार आपके द्वार समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी गई है मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि वे कोरोना वायरस से संबंधित फैल रही अफवाहों पर नजर रखें और इस संबंध में लोगों को जागरूक करें उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में पांच पांच बेड का तथा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आठ से दस बेड का आईसोलेषन वार्ड बनाने का निर्देष अधिकारियों को दिया उन्होंने कोरोना संक्रमण को संभावितों की देख रेख के लिए बीस मार्च को सभी जिलों में प्रषिक्षण और मॉर्क इिल आयोजित करने को कहा है मुख्य सचिव ने सभी उपायक्तों को शहरों की साफ सफाई के अलावा सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करने को भी कहा है इधर झारखंड में सैनिक बहाली पर अगले आदेष तक रोक लगा दी गई है वहीं झारखंड केंद्रीय विष्वविद्यालय को इक्तीस मार्च तक बंद कर दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी ब्रुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें लोगों को बड़ी सभाओं में हिस्सा न लेने की सलाह दी गई है खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अन्य लोगों के संपर्क आने से बचने को कहा गया है लोगों को बिना हाथ धोये आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने का परामर्श दिया गया है साबन पानी से बार बार हाथ धोने या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ साफ करने को कहा गया है खांसते और छींकते समय रूमाल अथवा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने अथवा मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

राज्य सरकार और केन्द्रसशासित प्रदेशों ने भी हेल्प लाइन नम्बर जारी किए हैं जमषेदपुर में कोरोना वायरस के मददेनजर टाटा स्टील की ओर से एहतियात के तौर कई कदम उठाए गए हैं

राज्य के पाकुड़ देवघर सिंदरी हजारीबाग मेदिनीनगर और आदित्यपुर में मेडिकल वेस्ट प्लांट बनाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने कल विधानसभा में विधायक विरंची नारायण द्वारा प्रछे गए सवाल का जवाब देने के क्रम में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तीन महीने के अंदर सड़क सुरक्षा नीति बनाई जाएगी सड़क हादसों में घायलों को बेहतर इलाज हो इसके लिए सरकार सभी आवष्यक कदम उठाएगी इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन कल भाजपा विधायकों के सदन से बहिर्गमन के बीच जल संसाधन विभाग के तेरह अरब इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई वहीं भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया प्रश्नोत्तरकाल के दौरान डीवीसी के कमांड एरिया में उत्पन्न बिजली संकट पर चिंता व्यक्त की गयी भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने कहा कि डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति में मनमानी की जा रही है संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मामले पर सरकार ने संज्ञान लिया है और बहुत जल्द स्थिति में सुधार हो जाएगा मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई इलाकों में बारिष वजपात और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है साहेबगंज ग्रमला और गिरिडीह समेत कई इलाकों में अहले सुबह से ही बारिष हो रही है विभाग ने कहा है कि बीस मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा कल से जहां आसमान साफ होने की उम्मीद है वही उन्नीस मार्च से फिर राज्य में बारिष होने की उम्मीदें हैं बेमौसम की इस बारिष से फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है पूरे राज्य में इन दिनों पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है इस सिलसिले में लोहरदगा जिले के विभिन्न पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कल कला दलों के द्वारा स्थानीय भाषाओं में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के जरिए एनीमिया तथा डायरिया से बचाव और साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया गया भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ओलंपिक में शामिल चौदह प्राथमिक खेलों के लिए पूरे देष में तेइस नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे इन सेंटरो में खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रषिक्षण की सुविधा होगी केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजीजु की अध्यक्षता में प्राधिकरण की कल हुई आम बैठक में आठ हजार खिलाड़ियों को ठहराने के लिए पच्चीस अतिरिक्त आवासीय हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया इसके अलावा राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्राधिकरण की सेवाएं निःषुल्क होगी वहीं देषभर के साईं सेंटरों में तीन सौ पचास स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट की नियुक्ति और जूनियर खिलाडियों के लिए कैंप लगाए जाएंगे

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने या कम करने पर ब्याज लगाया जाएगा आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर अग्रिम कर का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है

झारखंड राज्य षिक्षा परियोजना ने इस संबंध में आवष्यक दिषा निर्देश जारी किया है